आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने देश के कई होनहार विद्यार्थियों का उदाहरण देकर उनसे प्रेरणा लेने की बात कही

उन्होंने लोकमान्य तिलक के द्वारा देश के लिए किए गए विभिन्न कार्यो का जिक्र किया और कहा कि श्री तिलक के प्रयासों से ही सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरूआत हई उन्होंने देशवासियों से इको फ्रैण्डली गणेशोत्सव मनाने का आहवान किया

मन की बात कार्यक्रम में अंत में प्रधानमंत्री ने जनियर अण्डर टवेंटी वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में भारत को गोल्ड मैडल दिलवाने वाली हिंमादास को बघाई दी और उन पर गर्व जताया श्री मोदी ने पिछले दिनों संपन्न हुई विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप में भारत को पदक दिलाने वाले योगेश सुन्दर सिंह गुर्जर और एकता भ्याण को भी बघाई दी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्धन राठौड़ ने आज जयपुर के जमवारामगढ़ के मानोता गांव में ग्रामीणों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कृषि वैज्ञानिकों से अपील की है कि वे बदलाव के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें और अपने अनुसंघान को किसानों के खेतों तक ले जाएं ताकि उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों से सभी बाल गुहों का पंजीकरण और उनकी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है श्रीमती गांधी ने कल नई दिल्ली में बाल सुरक्षा एवं संरक्षण विषय पर आयोजित एक कार्यशाला में कहा कि सभी आंगनबाड़ियों में सुचारू कामकाज के लिए यह आवश्यक है कि भोजन की गुणवत्ता पर उचित ध्यान दिया जाएँ उन्होंने राज्य आयोगों को यह सुनिश्चित करने को ैकहा कि आंगनबाड़ियों के कामकाज की लगातार निगरानी हो राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस प्री परीक्षा पांच अगस्त से ही शुरु होगी आयोग के नए अध्यक्ष दीपक उप्रेती के निर्देशों पर एक अगस्त को प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों या उनके प्रतिनिधियों को आयोग मुख्यालय बुलाया गया है जहां कार्यालय में उन्हें परीक्षा संबंधी निर्देश और संबंधित सामग्री सौंपी जाएगी

देवस्थान विर्माग के अधिकारी ने बताया कि यह यात्रा जयपुर से शुरू होगी देवस्थान विमाग की ओर से सावन के महीने में आने वाले सोमवारों पर प्रदेश के शिव मन्दिरों में रूद्राभिषेक का आयोजन करवाया जाएगा ये आयोजन हर जिले के चार शिव मंदिरों में राजस्थान संस्कृत अकादमी के वेदपाठी पण्डितों द्वारा पूरे विधि विधान से सम्पन्न कराये जाएंगे